संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी

साथ ही बूथ स्तर पर पौधें भी लगाये जाएंगे मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और अधिकारियों के साथ देहरादून हरिद्वार और ऋषिकेश के मेट्रोपोलियन क्षेत्रों के लिए काम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान के सम्बन्ध में बैठक ली बैठक में यातायात व्यवस्थाओं के लिए स्वचालित मार्ग पारगमन योजना की व्यावहारिकता पर चर्चा की गई जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में छोटे स्वचालित वाहनों का प्रयोग किया जाता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए पीआरटी पर कार्ययोजना बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए श्री रावत ने कहा कि देहरादून के लिए प्राप्त अन्य प्रस्तावों को भी अगली बैठक में रखा जाय

बैठक में श्री जावलकर ने कांवड मेले के सम्बन्ध में प्रशासन और विभाग की समस्याओं की जानकारी लेते हुए समाधान करने के निर्देश दिये

साथ ही पार्किंग के निर्माण कार्यो और विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण किया जाना है

जल चेतना रथ बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी रंजना राजगूरू ने जल सरंक्षण के तहत जनता को जागरुक करने के लिए जिला कार्यालय से जल चेतना रथ को रवाना किया जिलाधिकारी ने बताया कि जल संरक्षण और परंपरागत स्रोतों के संवर्द्धन के लिए रथ के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे साथ ही रथ में लगी एलईडी के माध्यम से विद्यालयों और गांव के बाजारों में लोगों को जल सरंक्षण के प्रति जागरुक किया जाएगा

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने बरसात के पानी को अधिक से अधिक बचाने के लिए लोगों को चौड़ी पत्ती के पौधों के संरक्षण करने के लिए जागरुक किया चिकित्सालय बैठक नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकास भवन सभागार में चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी चिकित्सक सम्बन्धित चिकित्सालयों में समय से उपस्थित होकर मरीजों को देखना सुनिश्चित करें

स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही किसी प्रकार की दुर्घटना के समय तुरन्त उपचार देना अपर मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी श्री बंसल कहा ने जनपद के चिकित्सालयों में चिकित्सकों फामेसिस्टों तकनीकी स्टाफ में कमी की सूची एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए

इस दौरान नैनीताल पिथौरागढ़ चंपावत देहरादून टिहरी और चमोली में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है

कई रिहायशी इलाकों के घरों में पानी घूस गया है उधर चम्पावत जिले में भी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहां टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगह पहाड़ से मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है टनकपुर के उपजिलाधिकारी दयानन्द सरस्वती ने बताया कि राजमार्ग से मलबा हटा दिया गया जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका आपदा प्रबंधन कार्यशाला उत्तरकाशी के जिला कार्यालय प्रेक्षागृह में दो दिवसीय आपदा न्यूनीकरण व अर्न्तविभागीय समन्वय की तैयारियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया

इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कहा कि आपदा के न्यूनीकरण करने के लिए ग्राम्य विकास अधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक के साथ अन्य कर्मी भी प्रशिक्षण को गहनता से लें उन्होंने कहा कि कार्यशाला में आपदा घटित होने पर राहत और बचाव कार्य के साथ सही सुचनाओं के आदान प्रदान की जानकारी विषेशज्ञों द्वारा दी जा रही है श्री चौहान ने बताया कि कार्यशाला में आपदा के दौरान मानव क्षति होने पर घायलों को रेसक्यू करने और घटना की सूचनाएं देने की जानकारी बारीकी से दी जा रही है हरेला पौधारोपण अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिहं भदौरिया ने कलैक्ट्रेट सभागार में आगामी हरेला के दिन कोसी पुनर्जन्म अभियान के द्वितीय चरण में होने वाले पौधारोपण की तैयारियों के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली जिलाधिकारी ने कहा कि कोसी पुनर्जनन अभियान मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है इस दिन मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण होगा जिसमें स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपनी घोषणाओं के अनुपालन में देरी किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है उन्होंने कहा कि लापरवाही किए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए सचिवालय में सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाएं समयबद्वता के साथ शत प्रतिशत पूरी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभागीय बजट का सद्रपयोग किया जाए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग को अवगत कराया जाए सभी सचिव अपने अपने विभागों से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग करें

उधर चमोली जिले में धिघरान मोटर मार्ग पर बाइक से टाकराकर एक जीप खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जबकि नौ अन्य घायल हो गए हैं चमोली नगर पालिका चमोली जिले में गोपेश्वर नगर पालिका ने कूड़ा निस्तारण के लिए एक अनूठी पहल शुरू करने जा रही है जिसके अर्न्तगत नगर पालिका द्वारा इंट और टाइल्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है इससे शहर भर से उठाये गए कूड़े का निस्तारण किया जायेगा साथ ही नगर पालिका द्वारा शहर भर से उठाए गए प्लास्टिक से ईंट ओर टाइल्स बनाने की योजना भी तैयार की गयी है

जिससे नगर पालिका से गन्दगी का निस्तारण होने के साथ साथ राजस्व का भी लाभ मिलेगा साक्षरता शिविर उत्तरकाशी में सोमवार को जिला पुलिस लाइन ज्ञानसू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साक्षरता शिविर का आयेजन किया गया जिसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष एस के त्यागी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी